हमारे संवाददाता से बातचीत करते हए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार वैश्विक महामारी की रोकथाम के साथ साथ राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली को भी मजबूत कर रही है उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में जांच मशीने लगाई जा रही हैं जो कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट एक घंटे के बाद दे देंगी नयी टूनेट मशीनें नॉन कोविड अस्पतालों में लगाई जायेंगी ये मशीनें एक घंटे के भीतर ही टेस्ट के नतीजे बता देंगी जिससे मशीजों को किसी आपातकाल की स्थिति में जल्दी इलाज मिल सकेगा आकाशवाणी से बातचीत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्र सरकार हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश सरकार की मदद कर रही है हमें टेस्टिंग लैब की स्थापना हो या फ़िर कोविड हॉस्पिटल की सुक्षियों को स्ट्रैंथनिंग करने की भारत सरकार ने भरपूर मदद की है भारत सरकार ने हर विकास खण्ड स्तर पर जनपद स्तर पर टेस्टिंग लेब स्थापित करने के लिए भी सहयोग करने की बात की है

उत्तर प्रदेश हाल ही में देश में कोविड मरीजों के लिए एक ताख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित जिलों में विशेष ध्यान देते हए चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं ये जिले हैं गौतमबुद्धनगर कानपुर आगरा सहारनपुर अलीगढ़ मुरादाबाद मेरठ फिरोजाबाद और ब्लंदशहर मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड जांच क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन पंद्रह हजार करने के भी निर्देश दिए लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि जिन जनपदों में अधिक संख्या में प्रवासी श्रमिक आए हैं वहां विशेष पूल टेस्टिंग की व्यवस्था करते हए अधिक नमनों की जांच की जाए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आठ जून से अनलॉक व्यवस्था के तहत शुरू की जाने वाली गतिविधियों को केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित कराए जाने के भी निर्देश दिए

इस एक वर्ष के दौरान सरकार ने लोगों को सस्ती और ग्णवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भी कई उपाय किये गए कुछ महीनों के भीतर ही भारत ने प्रतिदिन दो लाख पीपीई किट और एन नाइन्टी फाइव मास्क बनाने की तकनीक और विनिर्माण क्षमताओं का विकास कर लिया है भारत ने कोविड जांच सुविधाओं में भी वृद्धि की है और अब देश में प्रतिदिन एक लाख से अधिक कोरोना वायरस के नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्री को विकसित करने के लिए स्वदेशी विनिर्माणकर्ताओं को बढ़ावा दिया है सरकार ने देश में स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण के लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक करोड़ से अधिक लोगों का उपचार किया जा चुका है केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केरल में एक गर्भवती हथिनी की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि पश्ओं को भोजन के साथ पटाखे देना भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है

न्यायालय इस क्षेत्र में लोगों को आवाजाही में आ रही समस्याओं के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है शीर्ष न्यायालय ने तीनों राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि ये एक सप्ताह के भीतर एक समान नीति तैयार करके उसे एक वेब पोर्टल पर डालें ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके देश में कोविड नाइन्टीन रोगियों के स्वस्थ होने की दर सैंतालिस दशमलव नौ नौ प्रतिशत हो गई है कुल एक लाख चार हजार एक सौ सात रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार आठ सौ चार रोगी स्वस्थ हए हैं नौ हजार तीन सौ चार लोगों में संक्रमण के बाद संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख सोलह हजार नौ सौ उन्नीस हो गई है एक दिन में सबसे ज्यादा मामले आए हैं क्ल मृतकों की संख्या छह हजार पचहत्तर हो गई प्रदेश के अनेक हिस्सों में आज दिन भर बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली वाराणसी अयोध्या चंदौली आजमगढ़ चित्रकूट पीलीभीत में रूक रूक कर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गयी गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी आज दिन भर बादल छाए रहने से मौसम सुहावना हो गया मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा का अन्मान जताया है